राज्य के कई इलाकों में मलेरिया डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों के प्रकोप को देखते हुए मुख्य सचिव ने इनके नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक सहायक कमांडेंट गंभीर रूप से घायल संचार क्रांति योजना संचार क्रांति योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जा रहे मोबाइल तिहार के तहत एक सप्ताह के दौरान अब तक लगभग एक लाख लोगों को स्मार्ट फोन दिए जा चुके हैं इस योजना के तहत कल विभिन्न जिलों के एक सौ पंद्रह वितरण केन्द्रों में तीस हजार लोगों को स्मार्ट फोन का वितरण किया गया इस समय योजना का पहला चरण चल रहा है जो शहरी क्षेत्रों में सोलह अगस्त तक जारी रहेगा वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सत्रह अगस्त से तेईस सितम्बर तक मोबाइल तिहार मनाया जाएगा योजना के तहत प्रथम चरण में आगामी चार महीने में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैंतीस लाख से ज्यादा लोगों को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा इनमें बत्तीस लाख से अधिक महिलाएं और पांच लाख से अधिक कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हैं गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीती छब्बीस जुलाई को जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में संचार क्रांति योजना का शुभारंभ किया था वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तीस जुलाई को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शहरों के लिए मोबाइल तिहार की शुरूआत की थी मुख्यमंत्री रायपुर सहित अब तक दुर्ग राजनांदगांव बिलासपुर और कोरबा में आयोजित मोबाइल तिहार में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस आरोप दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट फोन बांटने से संबंधित संचार क्रांति योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है आज शाम रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा तथा मोहम्मद अकबर ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत बांटे जाने वाले मोबाइल को राज्य सरकार ने करीब इकतालीस सौ रूपये प्रति नग के हिसाब से खरीदा है वहीं यह मोबाइल ऑनलाइन लगभग चौंतीस सौ रूपये में उपलब्ध है कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह से सिर्फ मोबाइल खरीदी में ही इस योजना में करीब पांच सौ करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है मुख्य सचिव समीक्षा राज्य के कई इलाकों में मलेरिया डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों के प्रकोप को देखते हुए मुख्य सचिव अजय सिंह ने इनके नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं आज मंत्रालय में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ऐसे रोगों के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं साथ ही लोगों के बीच इन रोगों से बचाव के उपायों का प्रचार प्रसार करने के साथ ही मच्छरदानी का उपयोग करने की समझाइश भी दी जाए इस बीच भिलाई के महापौर देवेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि भिलाई नगर में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए यहां व्यापक स्तर पर शिविर लगाए जाएं उन्होंने कहा है कि डेंगू से क्षेत्र में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है वहीं कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव अजय सिंह ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य में जिलेवार कार्ययोजना बनाकर कारगर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही स्कूली बच्चों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करने और यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा गया है मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज मंत्रालय में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में दिए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राजकीय मार्गों सहित अन्य स्थानीय सड़कें जहां दर्घटनाएं अधिक होती हैं ऐसे स्थानों की पहचान कर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएं बैठक में सड़क द्र्घटना के विभिन्न कारणों सड़क दुर्घटना के दौरान होने वाली मौतों में कमी लाने के प्रयासों वाहनों की गति पर नियंत्रण यातायात और परिवहन नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और यातायात संबंधी कानून का पालन करने सहित सड़क सुरक्षा के लिए किये जा रहे अन्य उपायों पर विचार विमर्श किया गया जवान घायल सुकमा जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक सहायक कमांडेंट गंभीर रूप से घायल हो गया

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि आज सुबह चिंतलनार के जंगल में कोबरा बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे इसी दौरान लौटते समय माओवादियों ने कोत्तगुड़ा के पास आईईडी विस्फोट कर दिया इसमें सहायक कमांडेट एसएच एजग घायल हो गए इसके बाद पुलिस और माओवादियों के बीच करीब दो घंटे तक मुठभेड़ हुई बाद में माओवादी जंगल की ओर भाग गए ग्राउंड रिपोर्ट राजनांदगांव कौशल उन्नयन प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना छत्तीसगढ़ के अनेक लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है प्रदेश के राजनांदगांव जिले की ग्रामीण महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही हैं पेश है एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के रेवाडी गांव की महिलाओं के पास पहले रोजगार के बहुत ही सीमित साधन हुआ करते थे इसके बाद इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना के तहत बुनकर का प्रशिक्षण प्राप्त किया अब ये महिलाएं हर दिन आठ से दस मीटर कपड़ा तैयार कर रही हैं एक सहकारी समिति के माध्यम से जिले की करीब साढ़े चार सौ महिलाओं को बुनकर के रूप में स्थायी रोजगार भी मिल गया है

सहकारी समिति के संचालक चूड़ामणी देवांगन का कहना है कि वे कुछ साल पहले स्वयं बेरोजगार थे

इस सहकारी में तैयार कपड़े को राज्य के अनेक विभागों द्वारा भी खरीदा जा रहा है जिससे समिति की आय लगातार बढ़ रही है इस तरह प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना राजनांदगांव जिले में रोजगार और आत्मनिर्भरता के साथ साथ आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिख रही है

जिला पंचायत और अन्य जनपद पंचायतों में कार्यरत ये कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर थे कार्यालय में इनके लगातार अनस्थित होने की वजह से इन्हें बर्खास्त किया गया है इन कर्मचारियों को विभाग द्वारा नोटिस जारी कर अट्ठारह जुलाई तक कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था लेकिन कर्मचारियों ने इस पर अमल नहीं किया और हड़ताल जारी रखी बर्खास्त किए गए इन पांच कर्मचारियों में चार तकनीकी सहायक और एक लेखापाल शामिल है अंडर ट कोलिशन जनरल एसेम्बली राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन केन्द्र के नोडल अधिकारी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक शिरीष चंद्र अग्रवाल अगले महीने अमेरिका के सेनफ्रांसिस्को में आयोजित अंडर ट्र कोलिशन जनरल एसेम्बली में छत्तीसगढ का प्रतिनिधित्व करेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन द क्लाईमेट ग्रप द्वारा बारह से चौदह सितंबर तक किया जा रहा है इसमें पूरी दुनिया में वर्ष दो हजार पचास तक संभावित दो डिग्री के तापमान में वृद्वि को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाएगी गौरतलब है कि तेलांगाना के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जिसे इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिला है पदोन्नति राज्य सरकार ने जनसम्पर्क विभाग के चार सहायक जनसम्पर्क अधिकारियों को सहायक संचालक के पद पर पदोन्नत किया है पदोन्नत अधिकारियों में जनसम्पर्क संचालनालय के आनंद प्रकाश सिंह सोलंकी को संचालनालय में छेदीलाल तिवारी को संचालनालय से जिला जनसम्पर्क कार्यालय जगदलपुर में और जिला जनसम्पर्क कार्यालय नारायणपुर के शशिरत्न पाराशर को नारायणपुर में ही पदस्थ किया गया है वहीं जिला जनसम्पर्क कार्यालय बलरामपुर के सहायक जनसम्पर्क अधिकारी मुक्तिप्रकाश बेक को जिला जनसम्पर्क कार्यालय अम्बिकापुर में पदस्थ किया गया है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास में परसों नौ अगस्त को जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम होंगे कश्मीर से निकली किसान अधिकार यात्रा कल दुर्ग पहुंचेगी इस मौके पर भारतीय किसान महासंघ द्वारा किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा